प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी शीतलहर का असर कम होने से सर्दी से मिली मामूली राहत

चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने आज जोंधपुर में पत्रकारों ये जानकारी देते हुए बताया कि इस रोग से निपटने के लिये राज्य सरकार सभी इतजाम कर रही है इससे पहले रघ् शर्मा ने जोधपुर में चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठकर स्वाईन फ्लू के संबंध में समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिये बाद में उन्होंने जोधप्र में ही चिकित्सा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है और राज्यस्तरीय एनिमिया तथा नशा मुक्त राजस्थान अभियान की शुरूआत की प्रदेश के लोगों में खून की कमी दूर करने और लोगों को नशे से मुक्त कराने के लिये आज से एनीमिया मुक्त और नशामुक्त राजस्थान अभियान शुरू हुआ ऐनीमिया मुक्त राजस्थान के तहत आंगनबाडी केन्द्रों चिकित्सा संस्थानों और स्कूलों में सिरप तथा आयरन की दवाईयां वितरित की जायेगी

उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम में तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान जोडने के लिये सरकार की ओर से किये गये बदलाव पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है

संसद का बजट सत्र कल से शुरू होगा

सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के डीजी रजनीकांत मिश्रा ने जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया इस अवसर पर उन्होंने बल के जवानों से बातचीत कर उनकी समस्यायें जानी श्री मिश्रा ने सभी जवानों की हौसंला अफजाई भी की स्वच्छ सुन्दर शौचालय मेरा गौरव मेरा प्रतिष्ठालय कार्यक्रम के तहत आज बीकानेर जिले के गुसाईसर गांव में विशेष अभिचान चलाया गया हमारे संवाददाता ने बताया कि इसमें ग्रामीणों को शौचालय का उपयोग करने के लिये प्रेरित किया गया कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रण्यतिथि पर उन्हें नमन कर रहा है

आज के दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रदेशभर में इस अवसर पर कई कार्यकमों के माध्यम से महात्मा गांधी और शहीद जवानों को श्रद्धाजंलि अर्पित की जा रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के सचिवालय में बापू की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किये इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस दिन से हमे प्रेरणा लेनी चाहिये उन्होंने कहा कि बापू ने हमें सत्य अहिंसा अपरिग्रह और समरसता का पाठ पढाया

प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये राष्ट्रपिता और शहीद जवानों को श्रद्वाजंलि दी गई हनुमानगढ़ जिले में मिशन मेरिट के नवाचार से सरकारी विद्यालयों में परीक्षा परिणामों में सुधार आने के बाद अब मिशन शिखर श्रू किया गया है

विश्व धरोहर में शामिल झालावाड़ जिले का गागरोन दुर्ग अब डाक टिकिट पर भी नजर आयेगा

प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर आज न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है ध्रप खिलने और शीतलहर का असर कम होने से लोगों को सर्दी से मामूली राहत मिली है